प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केन्द्रों का उदघाटन करेंगे

कोरोना जागरूकता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए चलाये जा रहे जागरूकता अभियान में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल किया जाये श्री चौहान ने कल भोपाल में उपचार के दौरान अस्पताल से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संकमण को रोकने के लिए लोगों के बीच मास्क और दूरी सहित सभी उपायों को अपनाने के लिए संवाद और जागरूकता को जरूरी बताया उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं श्री चौहान ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में कोरोना संकमण के प्रति लोगों को सजग करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गो को जोड़े और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराकर उनका निराकरण कराये मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिये कोविड परीक्षण केन्द्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये नोएडा मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केन्द्रों का उद्घाटन करेंगे इन केन्द्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी ये केन्द्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्ररोग संस्थान में स्थापित किये गए हैं

राजधानी के एक निजी अस्पताल में ईलाज करा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालत में सुधार हो रहा है श्री चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी

जिनका उपचार किया जा रहा है

वहीं इतने ही नये संक्रमित मिले हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ये घोषणा की

सीएम अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आश्वस्त किया है कि उन्हें वार्षिक वेतनवुद्धि का लाभ दिया जायेगा ये लाभ कोरोना से उत्पन्न स्थिति सामान्य होने पर ही मिल सकेगा श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश कोरोना संकमण के चलते चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है एक ओर राज्य के बजट का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च हो रहा है वहीं आर्थिक गतिविधियों में कमी के चलते राज्य की आय में कमी आई है बावजूद इसके सरकार कर्मचारियों को उनका वाजिब हक देने से पीछे नहीं हटेगी श्री चौहान ने अधिकारियों और कर्मचारियों से वेतनवद्वि को लेकर चिंतित न होने की अपील भी की और कहा कि कोरोना संकट से बाहर निकलने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी सरकार का सहयोग करें

गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल इस प्लांट के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण किया

डिजिटल इंडिया अभियान पष्चिम क्षेत्र विद्यत वितरण कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के उद्देष्य से बिजली बिल को ऑनलाइन भरने पर प्रोत्साहन राषि देने की योजना षुरू की है

कंपनी के प्रबंध निदेषक विकास नरवाल ने बताया कि जुलाई महीने में अब तक नौ लाख उपभोक्ता ऑनलाइन पद्दति से बिजली बिल भर चुके हैं उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिजली बिल प्रोत्साहन से फिलहाल कोरोना संक्रमण को रोकने में भी मदद मिलेगी

महाविद्यालय की डीन डॉ ज्योति बिंदल ने बताया कि स्नातकोत्तर में इसी सत्र के लिए दो पीडियाट्रिक और दो न्यूरो सर्जरी की सुपर स्पेषियलिटी सीट भी स्वीकृत की गई है

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार यह परिणाम घोषित करेंगे

वे शाम को जिला मुख्यालय पर तारामंडल का निरीक्षण भी करेंगे